बिजली विभाग के आय्क्त म्ख्य अभियंताओं और बिजली मंत्री के सलाहकार बालो राजा के साथ बिजली बिल्स के ऑनलाईन अदायगी पर गुरुवार को बुलाए समीक्षा बैठक में श्री मैन बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के टाऊनों में बिजली के बिलों के ऑनलाईन भूगतान की शुरुआत करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं और बिजली विभाग को स्विधा प्रदान करना है और यह राज्य सरकार के डिजिटल प्रशासन का एक हिस्सा है श्री मैन ने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से उपभोक्ताओं को ऑनलाईन के जरिए बिल का भूगतान करने को प्रोत्साहन देने को कहा ताकि विभाग को स्विधा मिले

विडियों कान्फ्रेसिंग के जरिए कल राज्य के उपाय्क्तों और डी डी एस ई से बात करते हए श्री क्मार ने कहा कि राज्यभर के चयनित राजकीय विद्यालयों में सेटेलाईट के जरिए छोटा सा एपर्चर टर्मिनल स्थापित किया जाएगा

श्री क्मार ने कहा कि इसे शिक्षा में ग्णवत्ता आयेगी और द्रस्थ क्षेत्र स्थित छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी खासकर उन स्क्लों में जहां विषय शिक्षक की कमी रहती है

इस दौरान नौ मरीज कल स्वस्थ हो गए

वर्तमान में राज्य में अड़तीस सक्रिय मामले है और अब तक इस वायर्स से छप्पन लोगों की जाने जा च्की है

फर्स्ट रेफर्ड यूनिट के चिकित्सा प्रभारी डॉ कादूम जोन्नम ने कहा कि इस चरण के बाद पच्चीस जनवरी को विभाग महिला एवं शिश् विभाग के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाएंगे रुकसिन फर्स्ट रेफर्ड यूनिट का उद्घाटन करते हुए पासीघाट वेस्ट विधायक निनोंग ईरिंग ने लोगों से बिना डरे टीका लगाने की अपील करते हुए कहा कि वे इस टीके से अतिसंवेदनशील कोरोना वायर्स संक्रमण से बच सकते है उन्होंने कहा कि टीका स्रक्षित है और राज्य से अब तक इससे हुए दिक्कत की कोई खबर नहीं मिली है

इस स्मार्ट बम का परीक्षण कल किया गया यह इस तरह का नौंवा सफल परीक्षण था एसएएडब्ल्यू को डीआरडीओ के अन्संधान केन्द्र आरसीआई हैदराबाद ने विकसित किया है एक सौ पच्चीस किलोग्राम वर्ग वाला यह स्मार्ट वैपन सौ किलोमीटर की रेंज में रडार और बंकर जैसे ठिकानों को मार सकता है

इस कडी में आज सेशल्स मॉरिशस और म्यामां को टीके की खेप भेजी गई है भारत द्निया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है द्निया के अनेक देशों ने कोरोना वायरस के टीकों की आपूर्ति के लिए भारत से सम्पर्क किया है और ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी असम के तेज़पुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वच्र्अल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नूतन प्रौद्योगिकी बह विषयीय दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है उन्होंने आशा प्रकट की कि तेजप्र विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भ्रमिका निभायेगा